करतारपुर गलियारे के बारे में आज भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता हई पाकिस्तान ने कहा स्थानीय तत्वों को श्रद्दालुओं की यात्रा में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जायेगी राज्य सरकार ने किसानों को बिजली कटौती के कारण फसल बरबादी से बचाने के लिए कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की सरदारशहर थाना प्रकरण में थानाधिकारी सहित पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से किसानों की चिंता बढ़ी आईसीसी विश्वकप फाइनल में इंग्लैण्ड और न्यूजीलैण्ड के बीच संघर्ष जारी जीतने वाली टीम पहली बार बनेगी विश्व विजेता

इस मिशन से चन्द्रमा की सतह की बनावट पानी की उपलब्धता तथा भौगोलिक स्थिति के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है

इसके बाद यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और सौ किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की परिक्रमा करेगा चंद्रमा की विशेष कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम खुद को ऑर्बिटर से अलग कर लेगा और धीमी गति से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव पर उतरेगा यह मिशन पूर्णत स्वदेशी है इस मिशन से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में समझ बढेगी साथ ही युवा पीढ़ी में अंतरिक्ष विज्ञाने के प्रति रूचि पैदा करने में भी प्रेरणा मिलेगी देश के इस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के प्रक्षेपण के समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां मौजूद रहेंगे

विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने गत मार्च अप्रैल और मई में तकनीकी टीमों के बीच तीन दौर की वार्ता में बनी सहमति के आधार पर अब तक हए कार्यो की समीक्षा की उन्होंने क्रासिंग प्वाइंट या जीरो प्वाइंट पर बनी सहमति पर मुहर लगायी श्रद्वालुओं की यात्रा के दौरान पाकिस्तान स्थित तत्वों द्वारा व्यवधान पहंचाये जाने का मुद्दा उठाये जाने पर पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि वह करतारपुर गलियारे और इस प्रकरण के संबंध में अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा दोनों पक्षों ने वार्ता के दौरान इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे करतारपुर गलियारे से संबंधित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी रखेंगे

योजना में किसान शहरों की तर्ज पर खेत में सोलर प्लांट और सौर ऊर्जा उपकरण लगाने के साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर बेच भी सकेंगे

अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने पर किसान बची हुई बिजली को बेच कर लाभ कमा सकेंगे ऐसे किसानों की सूची बनाई जा रही है जिनके खेत में बिजली की खपत अधिक होती है

शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के साथ ही स्कूल में ठहराव के मद्देनजर विभाग ने मिड डे मील में एक और नवाचार किया है मिड डे मील आयुक्त ने एक आदेश जारी कर कहा कि अब स्कूलों में विशेष उत्सव पर लोग बच्चों को दोपहर का भोजन करा सकेंगे पिछले दिनों जयपुर में मिड डे मील आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया बच्चों को खाना खिलाने के लिए संस्था या व्यक्ति को संस्था प्रधान से स्वीकृति लेनी होगी

महिला का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है इस प्रकरण में आगे की जांच सीआईडी सीबी जयपुर द्वारा की जायेगी

उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर ने आज राजसमन्द जिला मुख्यालय पर पत्रकारों को बताया कि जल्द ही शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा

इसके चलते टिड्डी नियंत्रण दलों का गठन कर उन्हें सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए है

प्रदेश के दक्षिण भाग तथा उससे लगते गुजरात में चक्रवाती परिसंरचना के कारण मानसून कमजोर पड़ा हुआ है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 जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून के पहंचने के बाद राजधानी जयपूर सहित कई स्थानों पर अच्छी बरसात हई लेकिन बाद में फीका पड़ गया इससे प्रदेश में बुवाई कर चुके और अब बुवाई करने वाले किसानों की चिंता बढ़ने लगी है

इस दौरान राज्य के चार जिलों चित्तौड़गढ धौलपुर ड्रंगरपुर और प्रतापगढ में असामान्य तथा चौदह जिले अजमेर बांसवाड़ा भरतपुर भीलवाड़ा बूंदी दौसा झालावाड़ झुंझुनू करौली कोटा राजसमंद सवाईमाघोपुर सीकर और उदयपुर में सामान्य से अधिक बरसात हो चुकी है दूसरी ओर बीकानेर श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ तीन जिले ऐसे है जो सूखे पड़े हैं और वहां अब तक केवल अल्प वर्षा हुई है प्रदेश के अल्वर बाड़मेर जालोर जोधपुर पाली और सिरोही जिलों में अभी इसकी कमी बनी हुई है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

इस बार के फिल्म समारोह में रूस भागीदार देश होगा

जालोर जिले के जसवंतपुरा में बिजली का तार टूटने से दो लोगो की मृत्यु हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया

लंदन के ऐतिहासिक लोर्ड्स मैदान पर चल रहे इस मैच में आज न्यूजीलैण्ड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

आज के मुकाबले की दोनो ही टीमे कभी भी विश्वकप नहीं जीत पाई है इसीलिये आज की विजेता टीम नई विश्वचैम्पियन बनेगी

इसके लिए प्रवेश पत्र हाईकोर्ट की वेबसाइट के जरिए लिए जा सकेंगे हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है